ये आयोग पंचायतों और स्थानीय शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा

मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से पहली तीसरी छठी और नवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत स्कूल बैग की खरीद आपूर्ति और वितरण को भी मंजूरी दी गई

मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के थुनाग में रेश्म बीज उत्पादन केंद्र और सुलह विधानसभा क्षेत्र में राजकीय बहुतकनीकी संस्थान खोलने को भी मंजूरी दी है अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि किसानों की आय दोगुना करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रभावी नीतियों का क्रियान्वयन किया है उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों से जुड़े दो नए अध्यादेशों को मंजूरी सहित एक अध्यादेश में संशोधन की मंजूरी दी है सरकार के इस फैसले से किसानों को उत्पाद की अच्छी कीमत मिल पाएगी

गोविंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और ऐसे मामलों पर त्वरित कार्रवाई की गई है एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री की नीति और नियत पर संदेह करना तथ्यहीन और तर्कहीन है उन्होंने कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार और कोरोना संकट के बीच अनाप शनाप व्यानबाजी कर कांग्रेस लोगों के बीच अपना विश्वास खो बैठी है ज्ञापन स्वास्थ्य विभाग में हुए कथित घोटाले के मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस ने आज शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को एक ज्ञापन सौंपा पार्टी अध्यक्ष कुलदीप राठौर के नेतृत्व में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री सहित अन्य नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मामले में स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में इस मामले से प्रदेश शर्मसार हुआ है और इसकी निष्पक्ष जांच होना जरूरी है वहीं माकपा ने भी जनता के समक्ष सच्चाई लाने के लिए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है भाजपा भाजपा शिमला संसदीय क्षेत्र की बैठक आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से पार्टी उपाध्यक्ष पुरूषोतम गुलेरिया की अध्यक्षता में हुई

अभियान की शुरूआत कल मुख्यमंत्री की पत्रकार वार्ता से होगी और इसके अलावा आने वाले दिनों में सभी संसदीय क्षेत्रों में वर्चुअल रैली का आयोजन किया जाएगा उन्होंने बताया कि अभियान का उद्श्य केंद्र सरकार की योजनाओं व उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज चंबा में एक बैठक में कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा की उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सही समय पर लिए गए सही निर्णयों से आज देश के अन्य राज्यों की तुलना में हिमाचल प्रदेश बेहद सुरक्षित हैं उन्होने बताया कि चंबा मैडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा निरीक्षण हमीरपुर बस अड्डे का उपायुक्त हरिकेश मीणा ने आज औचक निरीक्षण कर कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किए गए उपायों का जायजा लिया उन्होंने बस अड्डा परिसर में स्थित दुकानों का भी निरीक्षण किया और कारोबारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए रक्तदान कोरोना संकट के बीच अस्पतालों में रक्त की कमी को पूरा करने के लिए रोटरी क्लब ने सोलन में रक्तदान शिविर लगाया रोटरी क्लब के अध्यक्ष मनीष तोमर ने कहा कि ये शिविर पीड़ित मानवता की सेवा के उद्देश्य से लगाया गया है योग पालमपुर के परौर में बने क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटीन किए गए लोगों के लिए प्रशासन ने याग व मैडिटेशन अभ्यास शुरू किया है